सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमति स्मृति ईरानी ने प्रसार भारती की विषय वस्त् को और समृद्ध बनाने पर जोर दिया है

म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा है कि करनाल में शिव कालोनी से हांसी रोड की तरफ आने जाने के लिए पांच करोड़ व्यय करके अड़रपास बनाया जाएगा उन्होंने जल्द ही इसके शिलान्यास की घोषणा करते हुए बताया कि अंडरपास की स्वीकृति रेलवे से मिल च्की है इसके अलावा रेलवे स्टेशन के साथ रेक प्वाईंट से शिवाजी कालोनी आने जाने के लिए सर्विस लेन भी बनाई जायेगी मुख्य मंत्री ने यह जानकारी करनाल के राम नगर से रेलवे रोड को जोड़ने वाले पैदल पार प्ल के शिलान्यास के दौरान उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित करते हए दी

गौरतलब है कि श्री हडडा पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार के सरकार के कार्यकाल में करीब नौ सौ एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण कर उसे औने पौने दाम पर बिल्डर्स को बेचने का आरोप है परिहवन आवासा एवं जेल मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने अम्बाला शिकायत निवारण समिति की बैठक से निरंतर अनुपस्थित चल रहे कार्यकारी अभियंता ईैलैक्ट्रीकल को निलंबित करने के निर्देश दिये है इसके अलावा बिना पूर्व सूचना बैठक से अन्पस्थित पाये पाये गये उत्तर बिजली निगम नारायणगढ़ के कार्यकारी अभियंता को भी चार्जशीट करने के निर्देश दिये गये है परिवहन मंत्री ने आज अम्बाला के जिला लोकसम्पर्क व शिकायत निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे बैठक मे चौदह शिकायतों की सुनवाई हुई जिनमें से दस को मौके पर ही निपटाया गया जाट आंदोलन के दौरान वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यू के घर आगज़नी के मामले में पंचक्ला स्थित हरियाणा के विशेष सीबीओ अदालत में सुनवाई हुई मामले के सभी आरोपी सीबीआई कोर्ट में पेश हए आज की स्नवाई में भी सीबीआई इस मामले मे चार्जशीट फाइल नहीं पाई

यमुनानगर जिले के जगाधरी वर्कशाल के डाकघर में पासपोर्ट सेवा केन्द्र खोला गया है आज अम्बाला के सांसद रतन लाल कटारिया ने इस केन्द्र का उदघाटन किया इस मौके पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता विधान सभा अध्यक्ष कंवर पाल ने की

उन्होंने कहा कि अब लोगों को पासपोर्ट के लिए अम्बाला व चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा इस मौके पर अपने सम्बोधन में विधानसभा अध्यक्ष श्री कंवर पाल ने कहा कि इस केन्द्र की लोगों को बहत जरूरत थी अब यम्नानगर वासियों को पासपोर्ट सम्बधी समस्याओं का एक ही जगह हल हो सकेगा भिवानी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला एवं न्यायाधीश ए एस नारंग के निर्देशानुसार प्राधिकरण के सचिव व सीजेएम सिफा के मार्गदर्शन में भिवानी के गांव चांग में कानूनी जागरूकता शिविर लगाकर ग्रामीणों को विभिन्न कार्यक्रमों व कान्नों की जानकारी दी गई

छात्रहित के दृष्टिगत सम्बधित विद्यालयों को एक मौका ओर दिया गया है

पलवल के गांव फिरोजप्र में किसान प्रशिक्षण शिविर लगाया गया जिसमे जिला कृषि सलाहकार डॉ महाबीर मलिक ने किसानों को खेतों मे उन्नत किस्म के प्रमाणित बीज बोने उनका चयन करने तथा सही मात्रा में खाद डालने जैसे विषयों जानकारी दी उन्होंने किसानों को गेहं की फसल के कीटों व बीमारियों की पहचान व रोकथाम के उपाय भी बताये सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा सम्बध अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश कार्यकारिणी के निर्णय अन्सार सरकार की वादा खिलाफी व मांगों के प्रति उपेक्षा पूर्ण रवैये के खिलाफ आज अम्बाला खंड में प्रदर्शन किया व एसडीएम के माध्यम से म्ख्यमंत्री के लिए ज्ञापन सौंपा

अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से अम्बाला से आंदोलन कर रही आंगनवाड़ी वर्करों ने आज अम्बाला जिला मुख्यालय पर गिरफ्तारियां देकर कर अपना विरोध जताया प्रधान अन्पमा के नेतृत्व में भारी संख्या में मौजूद आंगनवाड़ी वर्करस का कहना था कि मांगे न माने जाने तक वे गिरफ्तारियां देती रहेंगी इस दौरान प्लिस ने कड़े सुरक्षा प्रबंध किये थे आज यम्नानगर के पंचायत भवन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एवं अन्सूचित जाति व पिछड़ा वर्ग विभाग दिव्यांग एंव वृद्वाजन राज्य स्त्रीय प्रस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया जिसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की